उन्होंने कहा कि सरकार जम्म कस्मीर के उन लोगों को हर संभव सहायता देगी जो किसी अन्य स्थान पर रहते हैं और त्वौहार मनाने के लिए घर लौटना चाहते हैं ईद का मुबारक त्यौहार भी नजदीक ही है ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी न हो हमारे जो साथी जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है

उन्होंने कहा कि अनुछेद तीन सौ सत्तर से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थीं जिससे अलगाववाद आतंकवाद भ्रष्टाचार और परिवार के शासन को बढ़ावा मिल रहा था पाकिस्तान को भी अपने विमाजनकारी एजेंडे को आगे ले जाने में मदद मिल रही थी प्रधानमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर आतंकवाद और अलगावाद से मुक्त हो जाएगा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लदाख़ में सभी खाली पद भरे जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पारदर्शिता के साथ कराए गए थे और इसी तरह क्विनसभा चुनाव भी कराए जाएंगे सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो नई सरकार बने नये तेजस्वी उर्जावान नौजवान एम एलए बनें मंत्री बनें मुख्यमंत्री बनें मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर तुरंत मिलेगा प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के कई वीरों को भी याद किया जिन्होंने इस क्षेत्र के लिये अपना बलिदान दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कल शाम राष्ट्र के नाम संबोधन की सराहना की है राज्य के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के भाषण में प्रदेश के सर्वागीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और भरोसा स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के जैतीखेड़ा गांव में एक दिन में प्रदेश भर में बाईस करोड़ पौवे लगाने के अभियान पौधरोपड महाकभ का श्रमारम्भ किया इस अक्सर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो बाईस करोड पौधे लगाये जा रहे है वह प्रकृति का वरदान साबित होंगे उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हर जिले में सौ वर्ष से अधिक आयु वाले वक्षों को चिन्हित किया जाए और उन्हें हेरिटेज का दर्जा देकर संरक्षित किया जाए मुख्यमंत्री ने घोसणा की कि अगले वर्ष वन महोत्सव में पचीस करोड़ पौधे लगाये जायेंगे आयोजन में खुद एक पौधे का रोपड़ किया और पांच महिलाओं को सहजन का पौवा मेंट दिया इस अक्सर पर प्रदेश के वन एवं पर्याक्रण मंत्री दारा सिंह चौहान राज्य मंत्री स्वाति सिंह मुख्य सचिव अनुप चन्द पाण्डेय मौजूद रहे उधर अभियान के तहत प्रदेश के समी जिलों में पौधरोपण किया गया और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया में भ दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दृष्कर्म मामले के आरोपी कलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं अदालत ने भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध निवारण अधिनियम पॉक्सो की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के सहयोगी श्रशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं उस पर नाबालिग लड़की का अपहरण करने का आरोप है पीड़िता अभी दिल्ली के एम्स में भर्ती है उच्चतम न्यायालय ने दिवालिया और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में संशोधनों को सही ठहराया है इसमें आवासीय खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा देने का प्रावधान है न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने विमिन्न बिल्डरों की एक सौ अस्सी से अधिक याघिकाओं को खारिज कर दिया पीठ ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने वाले रेरा अधिनियम को दिवालिया और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में किए गए संशोधनों के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए से मे पांच दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है विश्वमर के लाखों मुसलमान धार्मिक शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू करके सऊदी अरब के मीना के शिविरो में एकत्रित होने के लिए जा रहे हैं वे वहां रात में रहेंगे और कल तड़के अराफात के मैदान की ओर खाना होंगे जहां दिन में मुख्य नमाज़ अदा की जाएगी आजादी के बाद पहली बार इस वर्ष भारत से रिकार्ड दो लाख हज यात्री हज के लिए गये हैं